इससे रक्षा क्षमता में वृद्धि होगी

अगले सप्ताह से बरसात में कमी होने की उम्मीद

इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से वायु सेना की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाएगी इस अवसर पर वायु सेना प्रमुख एयर मार्शल बी एस धनोआ ने कहा कि इन हेलीकॉप्टरों के शामिल होने के साथ ही वायु सेना के पास अत्याधुनिक श्रेणी के हेलीकॉप्टर उपलब्ध हो जाएंगे

पैन आधार कार्ड आधार के जरिए रिटर्न फाइल करने वाले करदाताओं को आयकर विभाग पैन कार्ड जारी करेगा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि जिस व्यक्ति ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार का उपयोग किया है उसका पैन अपने आप जनरेट हो जाएगा और उन्हें कोई और अतिरिक्त डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराना होगा सीबीडी टी ने दोनों डेटाबेस को लिंक करने के लिए यह योजना शुरू की है यह नियम पहली सितंबर से लागू हो गया है गौरतलब है कि पैन और आधार को लिंक कराना अब कानूनी रूप से जरूरी हो गया है

विक्रम को चंद्रमा की सतह के और निकट लाने के लिए कल शाम ऐसी ही एक अंतिम प्रक्रिया होगी इस मिशन से सात सितम्बर को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास विक्रम की सहज लैंडिंग हो सकेगी

केंद्र सरकार के सहयोग से आयोजित इस दो दिवसीय कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिये तैयार करना है कार्यशाला में उत्तराखण्ड आवासीय विद्यालय होटल मैंनेजमेंट अल्मोड़ा आईटीआई के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया और र्स्टाट अप की बारीकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की

निर्देश रूद्रप्रयाग जिले में आम जनता की शिकायतों के निस्तारण के लिए आयोजित होने वाले शिविरों में प्राप्त शिकायतों को एक हफ्ते के भीतर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए हैं राजकीय इण्टर कॉलेज दशज्यूला काण्डई में आयोजित तहसील दिवस के मौके पर जिलाधिकारी ने आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के बाद इसकी एक प्रति शिकायतकर्ता को और एक अन्य प्रति जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने को भी कहा है

शिविर के दौरान सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी क्षेत्रीय जनता तक पहुंचाई गई

इसका मकसद बैंक का पूंजी आधार बढ़ाना और इसे मुनाफे में लाना है केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि आईडीबीआई बैंक में पूंजी डालने से बैंक वापस लाभ में आकर सामान्य तौर पर कर्ज वितरण का काम कर सकेगा

इसके साथ ही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की सुरक्षा अब और मजबूत हो जायेगी

लेकिन तब से कई तकनीकी कारणों के चलते इसका गठन नहीं हो पा रहा था अब एक दशक बाद स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स के गठन का रास्ता साफ हुआ है

मौसम विज्ञान ने यह भी अनुमान व्यक्त किया है कि अगले सप्ताह से राज्य में हो रही बारिश में कमी आएगी इस बीच प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम आमतौर पर साफ बना रहा राज्य के कुछ हिस्सों से छुटपुट वर्षा होने के समाचार भी प्राप्त हुए हैं

बारिश और भूस्खलन से राज्य के सभी जिले प्रभावित हुए हैं जिनमें उत्तरकाशी जिला आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित रहा और वहां सर्वाधिक लोगों की जान गयी

इन घटनाओं से राज्य के सभी जिले प्रभावित हुए हैं जिनमें उत्तरकाशी जिले पर आपदा का सबसे ज्यादा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और वहां सर्वाधिक लोगों की जान गयी उत्तरकाशी जिले में अभी भी राहत अभियान जारी है और यहां हालात अब सामान्य होने लगे हैं

इस मौके पर आज आज स्कूलों के छात्रों ने सांस्कृतिक शोभा यात्रा निकाली आठ सिंतबर तक चलने वाला यह मेला नन्दा देवी मंदिर से माँ नन्दा सुनन्दा की भव्य शोभायात्रा के साथ सम्पन्न होगा

बाद में कुमाऊं के तत्कालीन कमिश्नर ट्रेल ने मां नन्दा की प्रतिमा को मल्ला महल से उठाकर दीप चंदेश्वर मंदिर में स्थापित करवाया था इसलिये यह मेला चंद वंश की राज परम्पराओं से संबंधित माना जाता है

इसमें जिले के उभरते हुए खिलाड़ियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया

क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौजूद है जो कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है जिलाधिकारी ने गांव में स्वच्छता व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश दिए हैं ताकि ताकि मच्छर न पनप सके उन्होंने ग्रामीणों को घरों के आसपास पानी एकत्र न होने देने पानी ढककर रखने की अपील की है

मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने अधिकारियों को प्रदेश के जर्जर विद्यालयों की जानकारी एकत्र करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर तय समय के भीतर सभी विद्यालयों का भूकपरोधी तकनीक से पुनरोद्वार करने के आदेश दिए हैं